नौ सौ इक्हत्तर करोड़ रुपये लागत से बनने वाले संसद भवन के भूमि पूजन के अवसर पर केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य उपस्थित थे प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में प्रत्येक सांसद के पास में सुविधा होगी कि वे अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का सुख दुख इस नये संसद के परिसर से सुन सकें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कार्यक्रम में वर्चुअल उपस्थिति दर्ज कराई नये संसद भवन में एक हजार दौ सौ चौबीस सांसदों की बैठक व्यवस्था होगी भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से तैयार किये जा रहा संसद भवन आधुनिक सुविधाओं से भी सुसज्जित होगा जनरल प्रमोशन स्कूल शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों को मान्यता के लिये आवेदन के समय मान्यता शुल्क जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी

मंत्री श्री परमार आज सीबीएससी से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय में मुलाकात के दौरान चर्चा कर रहे थे

कक्षा छठवीं से आठवीं तक की कक्षाओं के बारे में निर्णय कोरोना वायरस संक्रमण की परिस्थितियों अनुरूप लिया जाएगा इस वर्ष का शैक्षणिक सत्र बढ़ाने के संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया जाएगा उन्होंने प्रतिनिधियों से बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में सहयोग करने की अपील की

इधर प्रदेश में अब तक दो लाख दो हजार से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो च्के हैं

इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्च्अल माध्यम से एक समारोह का आयोजन किया इसमें गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं